त् केन्द्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चूनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की सीमा दस प्रतिशत बढ़ाई लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार सतहत्तर लाख रूपये खर्च कर सकेंगे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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज शाम राष्ट्र की जनता को सम्बोधित किया कोरोना की चर्चा करते हए उन्होंने कहा कि देश ने लंबा समय तय किया है आर्थिक गतिविधि में तेजी आ रही है अधिकांश लोग जीवन को गति देने के लिए बाहर निकल रहे हैं बाजारों में भी तेजी आ रही है लेकिन अभी वायरस नहीं गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश के कई देशों की तुलना में भारत अपने नागरिकों के जीवन बचाने में सफल रहा है लेकिन कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं

उन्होंने कहा देश में कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है वैक्सीन आते ही सभी नागरिकों तक वैक्सीन पहचाने के लिए सरकार काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं त्योहार का समय है सतर्कता ही जीवन में खुशियां बढ़ा सकती है

यह पिछले तीन महीनों का रिकॉर्ड है सक्रिय मरीजों की संख्या भी कल संक्रमित व्यक्तियों के दस प्रतिशत से कम हो गई है जो एक नई उपलब्धि है देश में सक्रिय मरीजों की संख्या साढे सात लाख से भी कम है

अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने आज राजधानी रांची में सड़कों पर प्रदर्षन किया महात्मा गांधी पथ स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर मानव श्रंखला बनाई गई और पिस्का मोड़ से लेकर मोरहाबादी मैदान तक रैली निकाली गई मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म ग्रु बंधन तिग्गा शिक्षाविद डॉक्टर करमा उरांव आदिवासी सेना के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि अब जनगणना में अधिक समय नहीं रह गया है आदिवासी नेताओं ने कहा कि शीत सत्र के दौरान राज्य में विधानसभा घेराव और दिल्ली में संसद मार्च किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया है

उधर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष गीताश्री उरांव के नेतृत्व में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया जनगणना फॉर्म में सरना धर्मकोड कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति समेत आदिवासी संगठनों ने पिछले ग्रुवार को रांची समेत प्ररे राज्य में चक्का जाम किया था रामगढ जिले के मांडू में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुषों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां लिए ढोल झांझर और मांदर के साथ गीत गाते हुए अनोखे अंदाज में प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया सुदूरवर्ती देहात की महिलाए आदिवासियों की परंपरागत वेशभूषा में इस प्रदर्शन में शामिल हुई इधर केंद्रीय सरना समिति लोहरदगा झारखण्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो से मिलकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा

साथ ही इसके लिए विधानसभा और कैबिनेट से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की गई है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

केंद्र ने इस सम्बंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है

विधि मन्त्रालय ने कल रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है श्री मुंडा ने कहा कि वर्तमान समय में विकास कार्य अवरुद्व हो गए हैं और राज्य सरकार के नियंत्रण र्मे अब कुछ भी नहीं है दो दिवसीय दौरे पर बोकारो आए श्री मुंडा ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया द्मका विधानसभा उपचुनाव के दौरान नक्सलियों द्वारा गड़बड़ी फैलाने के उददेष्य से छिपाकर रखे गये गोली बंद्रक और विस्फोटक को आज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बरामद किया

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी की है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उराव के नेतृत्व में बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी मंत्रियों विधायकों प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जोनल को ऑर्डिनेटर समेत अन्य पार्टी नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेवारी सौंपी गयी है

केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये असम में देश के पहले बहमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी इस अवसर पर असम के मुख्यनमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह पूर्वोत्तर मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह और केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

रक्षामंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस नई प्रक्रिया से स्टाार्टप और सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों समेत देश के उद्योग जगत को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों में और अधिक भाग लेने का अवसर मिलेगा खूंटी जिले में दुर्गा पूजा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं नवरात्रि के चौथे दिन आज माँ भगवती के चौथे रुप कृष्मांडा देवी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और मन्त्रोच्चार के साथ की गयी नगरपंचायत के नेताजी चौक के देवी मंदिर भगतसिंह चौक के बजरंगबली मंदिर मिश्रा टोली दुर्गा मंदिर के अलावे देहातों में भी अपने पुरातन विधि विधान से मंडपों में पूजा विधान का मंत्रोच्चारण गूज रहा है इस दौरान प्राचीन काल से दुर्गापूजा होते आ रहे जरियागढ़ बाबा आम्रेश्वर धाम रायसिमला सोनमेर नकटीदेवी तोरपा कर्रा जैसी अनेक जगहों में नवरात्रि पृजा प्रारम्भ हो गई है केन्द्रीय इस्पात मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने आज कहा है कि सरकार ने कई पहल की हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस्पात के उपयोग को बढावा देंगी आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने चावल से इथेनॉल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है